मुख्यमंत्री ने कम परिणाम वाले अध्यापकों की वार्षिक वुद्धि पर लगी रोक को एक बार के लिए वापिस लेने की बात भी कही उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या के लिए हज़ारों प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश की एक प्रख्यात पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वे में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद शांता कमार भी मौजूद थे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने लोगों से पानी का सदुपयोग करने का आग्रह किया है

अनिल शर्मा राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आज कुल्लू ज़िले के लारजी में विद्यत परियोजनाओं के प्रभावितों की जन सुनवाई करने के बाद ये आश्वासन दिया

बाद में ऊर्जा मंत्री ने पार्वती जल विद्यत परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण और सैंज जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण भी किया

यह पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देवजी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य गुरूद्वारों में सुबह से ही विशेष भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं शिमला के बस अड़डे स्थित गुरूद्वारा सिंह सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने शीष नवाया और भजन कीर्तन कार्यक्रम में भाग लिया गुरूद्वारा सिंह सभा के मुख्य सेवादार जसविंदर सिंह ने बताया कि श्री गुरूनानक देव जी ने दुनिया को जात पात से ऊपर उठकर एक रहने का संदेश दिया प्रदेश के अन्य भागों में भी गुरूनानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे पर आज दोपहर बाद से वाहनों की एकतरफा आवाजाही बहाल कर दी गई है

केलंग के उपमण्डल अधिकारी अमर नेगी ने बताया कि हालात सामान्य होने तक रोहतांग दर्रे पर एकतरफा वाहनों की ही अनमति होगी उन्होंने कहा कि आज लाहौल से कल्ल की ओर वाहनों को भेजा गया है जबकि कल मनाली से लाहौल की ओर वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी

नेगी ने फिसलन को देखते हुए लोगों को सुबह और शाम रोहतांग दर्र पर सफर न करने की सलाह दी है किक बॉक्सिंग तीन दिवसीय राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज से सोलन जिले के कुमारहट्टी में शुरू हुई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने इसका शुभारम्भ किया हिमाचल में इस तरह की ये पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश के जाने माने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और हिमाचल के खिलाड़ियों को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा सैजल ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाने का आहवान किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने आज शिमला में पार्टी के जन संपर्क अभियान की शुरूआत की

सुखविन्दर सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयोस किया जाएगा शोक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ पत्रकार और हिमाचल ट्रिब्यून ग्रुप के प्रधान संपादक देव पांधी की पत्नी चंद्रकांता के निधन पर शोक जताया है